मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी इस मौके मौजूद रहेंगे एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि शिलान्यास समारोह के बाद देहरा और जदरांगल में जनसभाओं का आयोजन भी होगा

मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज सुबह से ही वर्षा हो रही है हालांकि उंचाई वाले क्षेत्रों में बीती रात से ही बर्फबारी का कम जारी है जिससे सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है लाहौल स्पिति और चम्बा के कुछ स्थानों पर हिमखण्ड गिरने की आशंका के चलते प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने का आग्रह किया है

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर किन्नौर में हिमखंड की चपेट में आए सेना के जवानों से जुड़ी खबर को आज सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है किन्नौर में गश्त कर रहे सेना के जवानों पर गिरा हिमखंड एक शहीद पांच दबे पंजाब केसरी लिखता है किन्नौर में ग्लेशियर में दबे छह जवान दिव्य हिमाचल के शब्द हैं नमज्ञा गांव में हिम स्खलन की चपेट में आए एक जवान का शव बरामद दैनिक भास्कर का शीर्षक है एक जवान का शव मिला बाकियों की तलाश जारी दैनिक जागरण ने लिखा है पांच लापता बिलासपुर निवासी राकेश ने रेस्कयू करने के बाद अस्पताल में दम तोड़ा हिमाचल दस्तक आपका फैसला और अजीत समाचार के लगभग एक जैसे शब्द हैं चीन बॉर्डर पर ग्लेशियर की चपेट में आए जवान एक शहीद पांच लापता अमर उजाला ने खबर दी है पौंग विस्थापितों को नकद भुगतान से राजस्थान सरकार का इंकार जबकि दैनिक जागरण ने लिखा है पौंग बांध विस्थापितों को जमीन ही देगा राजस्थान हिमाचल दस्तक के मुताबिक पौंग विस्थापितों को हिमाचल में बसाने से मुकरा राजस्थान

दैनिक जागरण की एक खबर है देहरा व जदरांगल में केंद्रीय विश्वविद्यालय के भवनों का शिलान्यास आज जबकि अमर उजाला ने लिखा है घोषणा के बारह साल बाद आज रखी जाएगी केंद्रीय विश्वविद्यालय की नींव

एक नजर सम्पादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय में प्रदेश सरकार व वन विभाग को जंगलों में शिकार करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की सलाह दी है शीर्षक है सही दिशा में बढ़ें दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय शिलान्यासों का श्रम या श्रेय में लिखा है कि हिमाचल के पथ पर केंद्र सरकार अपना नाम लिख रही है और यह शिलान्यासों की भूमिका में राजनीतिक महापथ सरीखे ही माने जाएंगे